और पटना उच्च न्यायालय ने बिहार बोर्ड की कार्यशैली पर उठाया सवाल

केन्द्र सरकार ने सड़क परियोजनाओं की मंजूरी के लिए नब्बे प्रतिशत जमीन के अधिग्रहण की अनिवार्यता को घटाकर सत्तर प्रतिशत कर दिया है नई दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक में इस मामले पर सहमति बनी अधिग्रहित जमीन की सीमा घटाने के फैसले के बाद महेशखूंट से सहरसा और सहरसा से पूर्णियां तथा मोकामा पुल के पहुंच पथ समेत राज्य के लगभग आधा दर्जन सड़कों के निर्माण में तेजी आयेगी इस निर्णय के आलोक में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की आठ सितम्बर को बैठक होगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि नोटबंदी के लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और अब देश के किसी भी भाग में नोटों की कोई कमी नहीं है आर्थिक कार्य सचिव एस सी गर्ग ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि काले धन पर रोक आतंकवाद के धन के स्रोतों पर पाबंदी डिजीटल लेन देन को बढ़ावा और जाली नोटों पर रोक जैसे लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं श्री गर्ग ने कहा कि पिछले बीस महीनों में अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्यवर्ग के जाली नोटों का कोई मामला सामने नहीं आया है पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर से कराने का आदेश दिया है साथ ही जांच एजेंसी को एसआईटी का गठन और जांच टीम का पुनर्गठन करने का भी निर्देश दिया गया मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर रविरंजन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुये सीबीआई की कार्यशैली पर कड़ी नराजगी जतायी खंडपीठ ने एफएसएल को इस मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सीबीआई को देने का आदेश दिया साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी आश्रय गृहों के बारे में पूरी जानकारी देने और इनको मिलने वाले अनुदान का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया वहीं इस केस को विशेष सीबीआई कोर्ट की जगह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चलाने की अनुमति के लिए सीबीआई की अर्जी पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुये पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने वर्ष दो हजार सत्रह की मैट्रिक परीक्षा में दूसरी टॉपर रही भव्या कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये उसके परीक्षा परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया साथ ही न्यायालय ने बिहार बोर्ड को टॉपरों की उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाईट पर डालने का भी आदेश दिया है वहीं न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आनंद किशोर को नियम विरूद्ध समिति का अध्यक्ष बनाये जाने पर राज्य सरकार से अठारह सितम्बर तक जवाब देने को कहा है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने केन्द्र सरकार से गरीब सवर्णों को पच्चीस प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि पचास प्रतिशत की निर्धारित सीमा को बनाये रखते हुये शेष पचास प्रतिशत में से पच्चीस प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया जाना चाहिए प्रदेश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की तर्ज पर पशु विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के स्थापना दिवस समारोह पर यह घोषणा की वहीं समारोह को संबोधित करते हुये उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुर्गी फॉर्म खोलने के नियमों में सरकार ढील देगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने राज्य सरकार को बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम के गठन का निर्देश दिया है एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मॉनसूनी मौसम में कोइलवर और पटना में सोन तथा गंगा नदी में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग के सचिव को एक वरीय विभागीय अधिकारी पटना के डीएम और एसएसपी की सदस्यता वाली टीम के गठन का निर्देश दिया

एसपी विकास वर्मन ने बताया कि गिरफ्तार विकास महतो ने इस बात की जानकारी दी है कि मुकेश पाठक के कहने पर ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया मुकेश पाठक संतोष झा गिरोह का शूटर था एसपी ने बताया कि इस मामले में पांच प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं वहीं इस हत्याकांड को पटना हाई कोर्ट ने चिंताजनक बताते हुये कहा है कि कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आज रांची की अदालत के समक्ष समर्पण करेंगे राजद अध्यक्ष की औपबंधिक जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही है राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को मुफ्त में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आईआरसीटीसी के माध्यम से ट्रेन से देशभर के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जायेगा इसके लिए विधायक और विधान पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों के नामों की अनुशंसा करेंगे नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सत्रहवें दिन भी सुनवाई होगी कल हुई सुनवाई के दौरान शिक्षक संघ की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा नक्सली हिंसा के मामले में बिहार अब तीसरे स्थान से पांचवें स्थान पर आ गया है छत्तीसगढ़ पहले और झारखंड दूसरे स्थान पर है आईजी अभियान कुंदन कृष्णन ने यह जानकारी दी राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को किताब खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि के लिए पचास प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है प्रदेश के दो सौ पैंतीस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की जायेगी केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान इन संस्थानों में आधारभूत संरचनाओं की कमी पायी थी बोधगया में असम के पन्द्रह बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में पूलिस ने एक बंगलादेशी बोद्ध भिक्षु को हिरासत में लिया है पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि सभी पीड़ित बच्चे असम के करबिलियांग जिले के हैं भोजपूर जिले के दियारा इलाके में अवैध बालू खनन रोकने गयी पूलिस पर अपराधियों ने गोलीबारी कर दी

इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है भागलपुर के जीरो माईल स्थित बाल गृह से चार बच्चे ग्रिल काटकर फरार हो गये इनमें से एक बच्चे को बरामद कर लिया गया है अन्य बच्चों की तलाश जारी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग बैठक में केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने भूमि अधिग्रहण अनिवार्यता बीस फीसदी घटायी दैनिक जागरण ने भीमा कोरे गांव हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है असहमति है लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व रोका तो होगा विस्फोट प्रभात खबर लिखता है केन्द्रीय कर्मियों का दो प्रतिशत बढ़ा मंहगाई भत्ता दैनिक भास्कर ने नोटबंदी से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है एक हजार पांच सौ के निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत पुराने नोट बैंकों में जमा हुये सिर्फ दस हजार सात सौ करोड़ नहीं आए राष्ट्रीय सहारा ने एशियाई खेलो में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा दो स्वर्ण पदक जीतने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है आज की सुर्खी है बालिका गृह कांड में हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगायी कड़ी फटकार

और पटना उच्च न्यायालय ने बिहार बोर्ड की कार्यशैली पर उठाया सवाल